पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया दिल्ली के राजघाट के पास स्मृति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को उनकी पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुखाग्नि दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्मृति स्थल पर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की भूटान नरेश जिग्मे वांगचुक और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और श्रीलंका के कार्यवाहक विदेश मंत्री लक्ष्मण किरैला ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने भी श्री वाजपेयी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी तथा रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने भी स्मृति स्थल पर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय से स्मृति स्थल तक अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा का नेतृत्व किया श्री मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी शव यात्रा के साथ स्मृति स्थल गए शव यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा अंतिम यात्रा जहां जहां से गुजरी लोगों ने रास्ते में पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर पर फूल बरसाये दिवंगत नेता के आखिरी दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी गौरतलब है कि तिरानवे वर्षीय श्री वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद कल शाम दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री श्रीमती नमिता कौल भट्टाचार्य को पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से उन्हें व्यक्तिगत क्षति हुई है उन्होंने कहा कि अटल जी के महान व्यक्तित्व ने उन्हें वकालत का पेशा छोड़कर सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित किया श्री कोविंद ने कहा कि अटल जी के साथ उनकी अविस्मरणीय यादें जुड़ी हुई हैं राष्ट्रपति ने कहा कि लम्बे सार्वजनिक जीवन में श्री वाजपेयी करोड़ों लोगों से जुड़े हुए थे वे एक प्रखर चिंतक वक्ता कवि लेखक सांसद और प्रधानमंत्री रहे वे भारतीय राजनीति के एक युग थे श्री कोविंद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने दबाव और चुनौतियों की परिस्थिति में भी सौम्य और निर्णायक नेतृत्व प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचार आदर्श और शब्द हमेशा लोगों के साथ रहेंगे और उन्हें प्रेरित करते रहेंगे उन्होंने कहा कि अटल जी के निधन से भारत ने अपना अनमोल रत्न खो दिया है श्री मोदी ने कहा कि अटल जी के निधन से एक यूग का अंत हो गया है और शून्य की स्थिति पैदा हो गई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने नेतृत्व और संघर्ष के जरिए अटल जी ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाया और इन्हें देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया

अटल जी ने अपने कुशल नेतृत्व और अभिरत संघर्ष के द्वारा जनसंघ से लेकर के भाजपा तक इन संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया उन्होंने भाजपा के विचारों और नीतियों को देश में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया उन्हीं के दुढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का परिणाम है कि आज भाजपा की यात्रा यहां तक पहुंची है अटल जी भले ही हमें छोड़कर चिरनिद्रा में लीन हो गये हो लेकिन उनकी वाणी उनका जीवन उनकी सादगी उनके विचार उनका दर्शन हम समस्त भारतवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अटल जी की याद में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है राजनीतिक दलों सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित शोक सभाओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं समस्तीपुर जिले में पूसा स्थित डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित शोक सभा में शामिल कुलपति आर सी श्रीवास्तव और अन्य लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया इधर रोहतास जिले के सासाराम में भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष राधामोहन पांडेय और डेहरी अनुमंडल में विधिक संघ के कार्यालय में अध्यक्ष उमाशंकर पांडेय की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी शेखपुरा में टाउन हॉल में विधायक रणधीर कुमार सोनी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी इसमें सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया इधर पूर्णिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर केन्द्र और राज्य सरकार ने सोलह अगस्त से सात दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है सरकारी भवनों प्रतिष्ठानों और कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है सभी सरकारी कार्यक्रम सात दिनों के लिए स्थगित कर दिये गये हैं राज्य सरकार ने उनके सम्मान में आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी जिसके चलते प्रदेश में आज सरकारी कार्यालय निजी और सरकारी स्कूल बंद रहे सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में बालिकाओं के साथ द्रष्कर्म मामले में राज्य की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के छह परिसरों में आज एक साथ छापेमारी की इस दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किये गये सीबीआई ने दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के सात परिसरों में भी छापेमारी की जांच एजेंसी ने ब्रजेश ठाकुर के कई रिश्तेदारों और उसके अखबार में कार्यरत पत्रकारों से भी पूछताछ की सुबह सात बजे से की जा रही छापेमारी के दौरान पूर्व समाज कल्याण मंत्री के पटना स्थित तीन और मोतिहारी बेगूसराय तथा भागलपुर में एक एक आवास पर तलाशी ली गई इधर सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए विशेष पॉक्सो अदालत में अनुरोध किया है कारा विभाग ने इस बात का खंडन किया है कि जेल में बंद ब्रजेश ठाक्र को अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही है वहीं जेल में बंद मुजफ्फरपुर के निलंबित बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रौशन की पत्नी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है उसपर बालिका गृह में रहने वाली पीड़ितों के नाम सार्वजनिक करने का आरोप है पटना के राजीव नगर स्थित आसरा गृह में दो महिलाओं की हयी मौत के मामले में संचालिका मनीषा दयाल और उसके सहयोगी चिरंतन कुमार को जेल भेज दिया गया है दोनों से प्रछताछ के दौरान आसरा गृह के संचालन में गड़बड़ी में कई लोगों की संलिप्तता बातें सामने आयी है इस मामले में एक पत्रकार प्रेम का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों के बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं और उनकी अचल संपत्तियों के बारे में पता लगाया जा रहा है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बागमती बूढ़ी गंडक गंडक घाघरा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट पर गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है वहीं सिवान के दरौली और सारण जिले के छपरा में घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है बागमती नदी का जलस्तर दरभंगा जिले के हायाघाट में खतरे के निशान को छू रहा है इधर गंगा सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है पटना में गांधी घाट दीघा घाट और हाथीदह में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हई है मौसम विभाग ने उन्नीस अगस्त को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है वहीं अगले चौबीस घंटों के दौरान मॉनसून के कमजोर पड़ने के कारण राज्य में छिटपुट बारिश हुई है प्रदेश में भागलपुर सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान पैंतीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया लखीसराय जिले में कजरा थाना क्षेत्र के उरैन स्टेशन के पास पुलिस ने कई मामलों में वांछित प्रतिबंधित संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के क भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के अगरपुर गांव से फिरौती के लिए अपहृत एक बच्चे को पुलिस ने त्वरित करारवाई करते हुए चौबीस घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है पश्चिम चंपारण जिले के भितहा में आज प्रखंड प्रमुख के चुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद प्रखंड परिसर में और आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के सीहमा गोसाई टोला में आज दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया जिले में टेकारी थाना क्षेत्र के टेकारी बाजार के पास किले से पुलिस ने कुख्यात अपराधी गजनी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है सीवान जिले में नगर थाना क्षेत्र के महावीर पथ पर अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक व्यक्ति से दो लाख रुपये लूट लिये

अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब